श्री चौहान ने उमरिया में पत्रकारों से कहा कि इसी क्रम में राज्य में मनरेगा के तहत तेजी से कार्य प्रारंभ किए गए हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से सभी जूझ रहे हैं और इसका मुकाबला हम सभी को मिलकर करना है आबादी भूमि प्रदेश में ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि का मालिकाना हक देने के लिये स्वामित्व योजना श्रू की गई है

उन्होंने कहा है कि चना मसूर सरसों का उपार्जन विलंब से प्रारंभ होने से अंतिम तिथि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है उन्होंने बताया कि कृषि विभाग से प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया है शीघ्र ही किसानों के हित में निर्णय लिया जाकर अंतिम तिथि को बढ़ाया जायेगा राष्टीय कोरोना मेगा लैब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के पूर्व छात्रों ने कोरोना महामारी के संक्रमितों की जांच के लिए द्निया का सबसे बड़ा टेस्टिंग लैब बनाने का निर्णय लिया है आईआईटी एल्मनाई काउंसिल ने यह फैसला किया है कि वह मंबई में कोरोना की जांच के लिए एक मेगा लैब बनाएगा जिसके जरिए हर माह एक करोड़ लोगों का टेस्ट हो सकेगा इसके लिए ग्लोबल पार्ट्नर्स की खोज की जा रही है आईआईटी के करीब एक हज़ार पूर्व छात्र द्निया भर में अपने स्तर पर प्रयास कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने में लगे है टिड्डी हमला तैयारी उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों की सक्रियता पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने हेलिकॉप्टर से कीटनाशकों के छिड़काव का निर्णय लिया है कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार इस समस्या को पूरी गंभीरता से ले रही है ऊंचे पेड़ों और द्र्गम क्षेत्रों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करने के साथ ही हेलिकॉप्टरों की सेवाएं लेने की भी तैयारी की जा रही है राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें सलाह भी जारी की जा च्की है कृषि मंत्री की अध्यक्षता में ग्रुवार को उच्च स्तरीय बैठक में टिड्डी नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई

सभी स्थानों पर किसानों की मदद से नियंत्रण दल तत्परता से कार्रवाई में ज्टे हए हैं कटनी ज़िले में टिड्डी दल ने कल विजयराघवगढ क्षेत्र में उडद मूंग की फसलो को न्कसान पहंचाया है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े सात हजार तक पहुंच गई है

ये सभी रिपोर्ट उमेदप्रा से है

इसकी जानकारी केंद्रीय पश्पालन एवं डेयरी विभाग ने ट्वीट कर दी है

श्री चौहान गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा संगठन महामंत्री सुहास भगत और अन्य नेताओं ने कटनी में दद्दाजी के आश्रम पहंचकर उनके प्रति श्रद्वांजलि अर्पित की

इसके तहत आगरमालवा एवं बड़ौद विकासखण्ड की सभी ग्राम पंचायतों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ग्राम पंचायतवार तिथि का निर्धारण कार्यक्रम मंडी दवारा जारी किया है

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है